नामांकन लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए पर्चे भरने का आज अंतिम दिन है

इस चरण में उत्तरप्रदेश में आठ महाराष्ट्र में सात उत्तराखंड और असम में पांच पांच बिहार और ओडिशा में चार चार जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश मेघालय और पश्चिम बंगाल में दो दो और छत्तीसगढ़ मणिपुर मिजोरम नगालैंड त्रिपुरा सिक्किम अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में एक एक निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे

नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी

भाजपा सूची भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए कल अपने नौ और उम्मीदवारों की सूची जारी की

छत्तीसगढ़ में पार्टी ने राजनंदगांव सीट से संतोष पांडेय को टिकट दिया है जबकि कोरबा से ज्योति नंदन दुबे और राजपुर से सुनील सोनी उम्मीदवार होंगे कांग्रेस सूची कांग्रेस ने कल लोकसभा चुनाव के लिए दस और उम्मीदवारों की सूची जारी की है इसमें तीन उम्मीदवार बिहार से चार महाराष्ट्र से और एक एक उम्मीदवार तमिलनाड कर्नाटक और जम्मु कश्मीर से शामिल किया गया है इससे पहले कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आठवीं सूची जारी की थी

पार्टी ने वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को भोपाल से उम्मीदवार बनाया है वहीं टीकमगढ़ से किरण अहिरवार खजुराहो से कविता सिंह शहडोल से प्रमिला सिंह बालाघाट से माधोभगत होशंगाबाद से शैलेंद्र दीवान मंदसौर से मीनाक्षी नटराजन रतलाम से कांतिलाल भूरिया और बैतूल से रामू टेकाम को प्रत्याशी घोषित किया है कांग्रेस कार्यसमिति बैठक नई दिल्ली में आज होने वाली कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणापत्र को अंतिम रूप दिया जायेगा सीडब्ल्यूसी पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई है सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी अहमद पटेल ए के एंटनी गुलाम नबी आजाद पीचिदंबरम मल्लिकार्जुन खड़गे अंबिका सोनी और आनंद शर्मा मौजूद रहेंगे लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणापत्र पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाली एक समिति ने तैयार किया गया है

जिसके तहत ऐसे सभी मतदाताओं के डुप्लीकेट फोटो मतदाता परिचय पत्र बनाये जायेंगे जिनके दस पन्द्रह वर्ष पूर्व बने परिचय पत्र या तो खराब हो गये हैं या गुम गये हैं झाबुआ जिला निर्वाचन अधिकारी प्रबल सिपाहा ने आकाशवाणी के जरिए लोगों से मतदाता परिचय पत्र बनवाने की अपील की है

अभियान के तहत जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बीएलओ मौजूद रहेंगे और डुप्लीकेट फोटो मतदाता परिचय पत्र के लिए आवेदन प्राप्त करेंगे वहीं भोपाल बैतूल नीमचसतना और सीहोर सहित सभी जिलों में भी बीएलओ के माध्यम से मतदाता ड्प्लीकेट इपिक कार्ड बनवा सकते हैं

ग्वालियर में कल स्वीप कार्यक्रम के तहत मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी शिवम वर्मा ने बताया है कि इस कार्यशाला में मतदाता जागरूकता अभियान के संबंध में विस्तार से विचार विमर्श किया जायेगा वहीं झाबुआ जिले में लग रहे हाट बाजारों में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है इस दौरान मतदाताओं से लोकसभा निर्वाचन में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने का आव्हान किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह सेल्फी पाईट भी तैयार करवाये गये हैं यहां ग्रामीणों में सेल्फी का केज दिखाई देता है छिन्दवाड़ा में आज श्क्ला ग्राउण्ड के सामने राहगिरी का नया रंग होली के रंग मतदान के संग की थीम पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे उघर भिंड जिले में भी जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर प्रत्येक पोलिंग बूथ पर इवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रदर्शन किया जा रहा है

तबादले राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी विनोद कुमार को प्रबंध संचालक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के साथ प्रमुख सचिव अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है वहीं प्रमुख सचिव गृह तथा अनुसूचित जाति कल्याण एस एन मिश्रा को प्रमुख सचिव जेल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है श्री मिश्रा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे राज्य शासन ने सचिव राजस्व तथा नियंत्रक शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री रेनू तिवारी को वर्तमान कार्यो के साथ सचिव संस्कृति का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है एसएन मिश्रा द्वारा प्रमुख सचिव जेल का कार्यभार ग्रहण करने पर मलय श्रीवास्तव प्रमुख सचिव जेल विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे रंगपंचमी प्रदेश में आज रंगपंचमी का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर फाग यात्राएं और रंगों से सराबोर गेर निकाली जा रही है पश्चिमी मध्यप्रदेश में इस त्यौहार का विशेष महत्व है बड़वानी खण्डवा उज्जैन और धार सहित मालवा और निमाड़ अंचल के विभिन्न हिस्सों में रंगों का ये त्यौहार होली के पांचवे दिन मनाया जाता है इन्दौर में जगह जगह रंग गुलाल के साथ लोग फाग यात्राओं में शामिल होते है राजधानी भोपाल के पुराने और नये शहर से चल समारोह निकाले जायेंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रंगपंचमी के त्यौहार पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं श्रीमती पटेल ने शुभकामना संदेश में कहा कि रंगपंचमी का पर्व आनंद और उमंग का पर्व है यह पर्व मानवीय मूल्यों और आदर्शो को मजबूत बनाता है सारे भेदभाव भूलाकर एकता का संदेश देता है राज्यपाल ने नागरिकों से रंगपंचमी को परंपरागत हर्षोल्लास प्रेम सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने का आव्हान किया है

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस उत्सव में जिलों के छात्र छात्राएं शिक्षक और आयोजक अधिकारीकर्मचारी शामिल हो रहे हैं इस दौरान बच्चों को वन्य प्राणियों जंगल से जुड़ी जानकारियों पर आधारित आयोजन किया जायेगा

वहीं पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में स्थित राष्ट्रीय उद्यान में कल तक मोंगली उत्सव के दौरान गतिविधियां आयोजित की जायेंगी

कोरिया ने अंतिम लम्हों में बराबरी का गोल दागा